्र राज्य में फिर सक्रिय हुआ मानसून मौसम विभाग ने आगामी चार पांच दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि गांधीजी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है यही कारण है कि साठ महीने में करीब साठ करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गये हैं

राज्यपाल ने कहा कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को अपने जीवन में आवश्यक रूप से जोड़ना होगा उन्होंने कहा कि बचाव के उपायों में लापरवाही किया जाना ठीक नहीं है

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बनते जा रहे हैं भरतपुर और जोधपुर में जिला प्रशासन ने आज और कल लॉकडाउन करने के निर्देश दिये हैं

जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने बताया कि चिड़ावा कस्बे में लगातार सुपर स्प्रेडर श्रेणी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से आस पास के नागरिकों में कोरोना संक्रमण की संभावना के मद्देनजर वहां दस अगस्त की मध्य रात्रि तक कर्फ्य लगाया गया है झालावाड जिले में भी दो दिन के लिए आवश्यक सेवाओं को छोडकर बंद रखने का निर्णय लिया गया है अलवर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने के साथ ही जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल को कोविड फ्री करने का निर्देश दिया है अब कोविड मरीजों की जांच का काम अस्पताल के सामने एक धर्मशाला में किया जायेगा

मेवाड और वागड क्षेत्र के करीब एक दर्जन विधायकों को सुरक्षित और एकजुट करने के नाम पर गुजरात भेजा गया है कृछ विधायकों को जयपुर बुलाया गया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गहलोत खेमे की ओर से पार्टी के कुछ विधायकों को लगातार प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उने पर अनुचित दवाब बनाया जा रहा है इसे देखते हुए पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित और एकजुट करने का निर्णय किया है

श्री सिंह ने जयपुर पुलिस कमीशनर आनन्द श्रीवास्तव को इस संबंध में तत्काल जांच की कार्यवाही पुरी कर दोषी व्यक्तियो के विरुद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं महानिदेशक पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस की किसी भी यूनिट द्वारा किसी भी विधायक या सांसद की फोन टैपिंग ने तो पूर्व में की गई और न ही वर्तमान में की जा रही है

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्मर भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना तथा उनके विस्तार के लिए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है इसके अलावा राज्य सरकार ने विभिन्न कम्पनियों के डीमर्जर और ऋण दस्तायेजों में कर चोरी को रोकने तथा ऐसे प्रकरणों के तेजी से निपटाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय गठन करने का भी निर्णय किया है

स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया र्जसी योजनाए पिछले पांच वर्ष में शुरू की गई हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण मुहैयया कराया गया और बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए युवाओं को सक्षम बनाया गया

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हुआ था हर साल आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्वांजलि दी है श्री जावड़ेकर ने ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के लिए दिए गए बलिदान को याद किया इसी बीच करौली जिले में टोडामीम नगर पालिका द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आज वक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया वहीं सवाईमाधोपुर में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ समारोहपूर्वक मनाई जायेगी

जयपुर में आज दोपहर में विभिन्न इलाकों में तेज बारिश हुई सीकर में आज हुई बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया सवाईमाधोपुर जिले में कई जगह हल्की से मध्यम बरसात हुई वहीं करौली में बारिश के बाद बांधों में पानी की आवक होने लगी है करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से फसलों को फायदा पहुंचा है इस बीच मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिनों में प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है